हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर जबकि कांगड़ा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी किशन कप्र कांगड़ा में अपना नामांकन पत्र भरेंगे इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र प्रदेश प्रभारी तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल और वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार भी मौजूद रहेंगे प्रदेश भाजपा महासचिव व चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चन्द्रमोहन ठाकुर ने बताया कि नामांकन के बाद हमीरपुर व कांगड़ा में जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा जिन्हें पार्टी नेता संबोधित करेंगे

प्रचार दूसरी तरफ दोनों प्रमुख दलों के नेता लोगों को रिझाने के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं भाजपा व कांग्रेस नुक्कड़ सभाओं रैलियों के अलावा लोगों से सीधा संवाद कर अपने अपने समर्थन में सहयोग मांग रहे हैं इसी कड़ी में आज मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा बंजार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं में लोगों से संवाद करेंगे जबकि शिमला लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप अपने संसदीय क्षेत्र में जनसम्पर्क अभियान के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे इसी तरह मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा कुल्लू और बजौरा जबकि शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार धनी राम शांडिल श्री रेणुका जी और शिलाई जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर आज श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की राज्य स्तरीय कमेटी की अध्यक्ष राजवंत संधू ने कल बिलासपुर में हुई बैठक में कचरा प्रबंधन प्रगति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन के लिए विभागों को आपसी तालमेल से कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है ताकि स्वच्छ वातावरण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण किया जा सके बाद में मंडी में हुई बैठक में राजवंत संधु ने शहरी निकायों को स्थानीय स्तर पर गीले कचरे के प्रबंधन के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित बनाया जाए कि ठोस व तरल कचरा नदियों और नालों में न जाए निधन कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री चौधरी विधासागर का कल रात उनके पैतृक गांव जमानाबाद में निधन हो गया

दिवंगत चौधरी विधासागर भाजपा की पूर्व शांता सरकार में कैबिनेट मंत्री थे आज दोपहर इच्छी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा नुक्सान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से सेब फसल को काफी नुक्सान हुआ है बागवानी विभाग के एक प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि शिमला जिले के सभी विकास खंडों कुल्लू जिले के आनी और मंडी जिले के करसोग सिराज गोहर और सुंदरनगर क्षेत्रों में फसलों को भारी नुक्सान हुआ है उन्होंने कहा कि नुक्सान के आंकलन के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने से जुड़ी खबर को आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है भाजपा के सुरेश कांग्रेस के रामलाल और आश्रय ने भरा परचा दैनिक जागरण के शब्द हैं सुरेश रामलाल व आश्रय सहित नौ ने भरा नामांकन दैनिक भास्कर का शीर्षक है नामांकन के तीसरे दिन नौ उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे जनसभा में एक दूसरे पर साधा निशाना हिमाचल दस्तक का कहना है चार सीटों पर वीरवार को भरे नौ परचे

आपका फैसला का कहना है मंडी हमीरपुर में कांग्रेस शिमला में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन मंच पर फूट फूट कर रोए सुखराम आश्रय घर पर अनिल भी हुए भावुक शीर्षक से ख़बर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है जबकि अजीत समाचार लिखता है फूट फूट कर राए सुखराम वीरभद्र सिंह से मांगी माफी पंजाब केसरी ने खबर दी है सतपाल सत्ती को भड़काऊ भाषण देने पर फिर नोटिस

दैनिक जागरण ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को सुर्खी दी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में साफ हुई गंदगी अमर उजाला की एक ख़बर है अब एक टेस्ट में आसानी से होगी कैंसर की पहचान आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने किया फ्लूरोंट नैनोडॉट्स का आविष्कार